स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

ग्रवाहाटी में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में श्री सरमा को विधायक दल का नेता च्ना गया इस बैठक में केंद्रीय प्रेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह मौजूद थे इससे पहले निवर्तमान म्ख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश म्खी को सौंपा जाल्कबाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सरमा दो हजार पंद्रह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे इससे पहले वे श्री तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह च्के हैं श्री सरमा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंश नेडा के संयोजन भी हैं उन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भुमिका निभाई है

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो हजार दो हो गई है और रिकवरी दर घटकर नवासी दशमलव सात एक प्रतिशत रह गई है शनिवार को राज्यभर से कोविड जांच के लिए तीन हजार एक सौ पैसठ सैंपल एकत्र किए गए राज्य में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक सतहत्तर तवांग से तैतीस लोअर दिबांग वैली और लोहित से बीस बीस चांगलांग से उन्नीस लोअर सियांग से तेरह ईस्ट सियांग से बारह लोअर स्बनसिरी से दस नामसाई से नौ ईस्ट कामेंग से सात पाप्मपारे से छह वेस्ट कामेंग अपर स्बनसिरी और अपर सियांग से चार चार लेपारादा वेस्ट सियांग शी योमी दिबांग वैली अंजाव और तिराप से एक एक मामले सामने आए हैं

मेजर जनरल गामलिन राज्य के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी है और उनकी निय्क्ति से प्रदेश के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में कोविड से प्रभावित व्यक्तियों और अन्य जरुरतमंद लोगों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने में इस कदम से मदद मिलेगी राज्यपाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों से राज्य सरकार को प्रभावी तरीके से कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक स्झाव देने को कहा उन्होंने ग्रामीण और नगरीय इलाकों में माईक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और जागरुकता अभियान में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आहवान किया

रेलवे के अन्सार देने राज्य सरकार के स्झाव के अन्सार बोकाजान रंगापहाड़ दीफ् खटखटी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी

संगठन को इसके उपयोग की अन्मति भी भारतीय औषधियों महानियंत्रक से मिल गई है कोरोना की इस दूसरी लहर में यह दवा टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज कोविड पीड़ितों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी यह दवा एक पाउडर के रुप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है

यह राशि सभी त्रि स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं गांव ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है पंचायती राज संस्थाएं कोविड महामारी से निपटने के लिए रोकथाम और उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए इस राशि का उपयोग कर सकेंगी